यह शिखर सम्मेलन कल होगा जबकि ब्रिक्स व्यापार परिषद की बैठक और ब्रिक्स व्यापार फोरम का आयोजन आज किया जाएगा ब्रिक्स देशों के कारोबारी प्रमुख व्यापारिक सहयोग बढ़ाने और न्यू डिवेलपमेंट बैंक नाम के नये बैंक के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने के बारे में चर्चा करेंगे

प्रधानमंत्री का ब्राजील के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता का कार्यक्रम है इसके बाद प्रधानमंत्री ब्रिक्स बिजनेस फोरम के समापन समारोह में शामिल होंगे और शाम को ब्राजील के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित स्वागत समारोह और रात्रि भोज में भी शामिल होंगे

प्राथमिकता के क्षेत्रों में विज्ञान टैक्नोलॉजी और नवाचार डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग एक देश में अपराध करके दसरे देश में चले जाने वालों से निपटने और काले धन को सफेद करने जैसे मुद्दे शामिल हैं ब्रिक्स देश आतंकवाद से निपटने में सहयोग पर भी चर्चा करेंगे जो इस साल का प्राथमिकता का विषय है उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश का कार्यालय लोक प्राधिकारी के रूप में सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में आता है प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के दो हजार दस के फैसले के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के बाद आज इसकी घो ाणा की उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि सुचना के अधिकार के तहत जवाबदारी से पारदर्शिता और बढेगी इससे न्यायिक स्वायत्तता प्रबल होगी संविधान पीठ ने कहा कि इससे इस तथ्य को बल मिलेगा कि कानन से ऊपर कोई नहीं है

सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का पदभार ग्रहण कर लिया श्री जावडेकर आज सुबह उद्योग भवन पहुंचे जहां भारी उद्योग सचिव आशा राम सिहाग और सार्वजनिक उपक्रम सचिव शैलेष ने उनका स्वागत किया इस अवसर पर दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल शाम श्री जावडेकर को भारी उद्योग एवं सार्वजनिक मंत्रालय का अतिरिक्त पदभार सौंपा था श्री जावड़ेकर इसके अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा वन एवं जलवाय् परिवर्तन मंत्रालय का कार्यभार भी देख रहे हैं शिवसेना के अरविंद सावंत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के कारण यह पद रिक्त हआ था प्रदेश सरकार प्रत्येक जिले और राज्य स्तर पर सबसे अधिक जीएसटी भूगतान करने वाले दस व्यक्तियों को सम्मानित करेगी राज्य सरकार ने पंजीकृत जीएसटी भृगतानकर्ताओं के लिए दस लाख रुपये का बीमा लाभ देने का भी निर्णय किया है सरकार शीघ ही उनके लिए पेंशन का भी प्रावधान करेगी राज्य सरकार वस्तू और सेवा कर यानी जीएसटी का संग्रह बढ़ाने के लिए कई कदम उठायेगी और इसका मकसद है कि राज्य में सालाना राजस्व संग्रह एक लाख करोड रुपये तक पहंच सके कल शाम वाणिज्य कर अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यापारी समूदाय को जीएसटी पंजीकरण के फायदे बताये जाने के लिए एक जागरुकता अभियान भी छेड़ने को कहा जिसमें व्यापारियों को रिर्टन भरने के तरीके की भी जानकारी दी जाये मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अभी भी और अधिक व्यापारियों को जीएसटी में पंजीकृत कराये जाने की जरूरत है

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ वाणिज्य सचिव डॉक्टर अनूप वधावन ने कहा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए गुणात्मक पहलुओं को देखने और आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है ग्रेटर नोएडा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र ने उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं और इसके लिए मजबूत बुनियादी ढांचा मौजूद है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की वायु गुणवत्ता गम्भीर श्रेणी में बनी हुई है केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार वायु गुणवत्ता सूचकांक आज दोपहर चार सौ तिरपन दर्ज किया गया जो गंभीर ंश्रेणी में आता है

आसपास के गाजियाबाद फरीदाबाद नोएडा गुरूग्राम और अन्य क्षेत्रों में भी वायू की गुणवत्ता में गिरावट देखी गई है क्योंकि इनमें से अधिकतर गंभीर श्रेणी में हैं इस बीच उच्चतम न्यायालय ने आज केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तर भारत के अन्य भागों में वायु प्रद्षण के स्थाई समाधान के लिए हाइड्रोजन आधारित जापानी प्रौद्योगिकी के उपयोग की संमावनाओं पर विचार करने का निर्देश दिया है न्यायालय ने केन्द्र को इस मुद्दे पर विचार विमर्श तेज करने और तीन दिसम्बर को इसके निष्कर्षों के बारे में बताने को कहा है